डाक विभाग का ये बैंक नेटवर्क देश के हर हिस्से तक पहुंचेगा

आज एक रजत और तीन कांस्य पदक मिले

यह डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का लाभ उठायेगा जो देश के हर हिस्से केा तीन लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों से जोड़ेगा इंडिया पोस्ट पेमेंटस का श्भारंभ देश के द्रस्थ क्षेत्रों में तेज़ी से विकसित हो रहे भारत का लाभ के सरकार के प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगा शुभारंभ समारोह एक साथ ही सभी शाखाओं ओर एस्सेस प्वाइंट पर आयोजित किये जायेंगे चंडीगढ़ में इस सुविधा का शुभारंभ सांसद श्रीमति किरण खेर करेगी जबकि रोहतक में इसका श्भारंभ केन्द्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह करेंगे उधर आज अम्बाला में म्ख्य पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल स्खदेव राज ने बताया कि कल से शुरू हो रही सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की विशेष बात यह है कि डाक विभाग के कर्मी घर घर जाकर शून्य बैलेंस पर परिवार के सभी सदसयों के डाकघर बचत खाते खोलेंगे और अम्बाला में इस तरह के अबतक दस हजार खाते खोले जा च्के है उन्होंने बताया कि हरियाणा मे इस स्विधा का श्भारंभ कल म्ख्यमंत्री मनोहर लाल यम्नानगर से करेंगे जबकि अम्बाला में खेल एंव स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज म्ख्य डाकघर अम्बाला छावनी से इसका उदघाटन करेंगे

उन्होंने बताया कि डाकिये के पास मोबाइल फोन होना जिसमें ग्राहक मोबाइल व डीटीएच रिजार्च बिजली पानी और गैस आदि के बिलो का भ्गतान ऑन लाइन कर सकता है पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हए उन्होंने कहा कि डाकघरों के माध्यम से प्रधानमंत्री की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम के तहत श्रू की गई स्कन्या समृद्वि योजना को जनता का पूरा सहयोग मिला है और हरियाणा में चार लाख से अधिक स्कन्या समृद्वि खाते ख्ल च्के है नारनौल में विधायक ओमप्रकाश यादव म्ख्य डाकघर में इस बैंक स्विधा का श्भारंभ करेंगे

इस नीति से पर्यटकों को भी प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यम्नानगर में रोड शो किया इससे पहले उन्होंने प्रचीन देवी मंदिर में प्रजा की और फिर रेलवे स्टेशन के नजदीक महाराजा अग्रसेन चौक पर अगरसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

रोड शो मे उनके साथ विधायक घनश्याम दास अरोडा विधान सभा स्पीकर कंवरपाल ग्ज्जर विधायक श्याम सिंह राणा विधायक बलवंत सिंह आदि भी थे समाचार लिखे जाने तक रोड शो का शहर मे जगह जगह फूलो की वर्षा कर लोग स्वागत कर रहे थे सांसद रतन लाल कटारिया ने राजनीति में अपराधीकरण रोकने के न्यायालय के सुझावों का समर्थन करते हए कहा है कि राजनीति मे अपराधिक पृष्ठ भूमि के लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए पर राजनैतिक दवेष से कानून की आड़ में किसी के राजनैतिक कैरियर को दाव पर लगाना भी उचित नहीं है अम्बाला छावनी स्थित केन्द्रीय विदयालय विदयालय नंबर एक में आयोजित इकतीसवी सभागीय युवा सांसद प्रतियोगिता में मीडिया से बातचीत में श्री कटारिया ने कहा कि सरकार ने संदैव बातचीत के जरिये समस्याओं का समाधान को प्राथमिकता दी है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक सरपंच व दस पंच र्निविरोध च्ने गये है एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार च्नाव हेत् उम्मीदवारों को च्नाव चिन्ह भी आंवटित कर दिये गये है और खंड जाखल के गांव मुंदलिया के वाई नंबर छ के पांच पद के लिए नामांकन रद्द हो गया है

पकड़ा गया आरोपी रोहित फतेहाबाद के अशोक नगर का है और दिल्ली से नशे की खेप लाया था पुलिस उसे अदालत मे पेशकर रिमांड ले रही है रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जायेगी रोहित को पहले भी गिरफ्तार किया जा च्का है इंडोनेशिया में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने अबतक तिरसठ पदक प्राप्त कर लिये है

पदक तालिका में भारत इस समय आठवें स्थान पर ही है जबकि चीन सबसे उपर बना हआ है

नौकायन प्रतियोगिता में वर्षा गौतम और श्वेता शर्वेगर ने रजत पदक हासिल किया जबकि हर्षिता तोमर ने ओपन लेज़र चार सात में कांस्य पदक जीता

स्कैवश में भी आज भारत की प्रूषों की टीम को कांस्य पदक पदक मिला है हरियाणा सरकार ने विदयार्थियों में सेवा भावना विकसित करने के लिए स्टेट एनएसएस अवार्ड श्रू करने का निर्णय लिया है

श्री शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम हरियाणा सरकार का फलैगशिप प्रोग्राम है इसका म्ख्य उद्देश्य स्वेच्छा से समाजसेवा के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तितव व चरित्र निर्माण करना है

पूरे प्रदेश से यूनिवर्सिटी व जिला कार्यक्रम समन्वयकों को एक एक अवार्ड प्रोग्राम आफिसरस को तीन अवार्ड तथा एनएसएस वालिंटरियर्स को दस अवार्ड दिये जायेंगे हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले छ महीने तक एस्मा कानून लगाने के खिलाफ आज संय्क्त तालमेल कमेटी ने प्रदेश भर में दो घंटे का प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया तालमेल कमेटी का आरोप है कि सरकार पूर्व में किये गये वादों को पूरा करे की बजाय कर्मचारियों का दमन करने की नीति अपना रही है जिसे सहन नहीं किया जायेगा हिसार में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राम सिंह बिश्नोई ने कहा कि आगामी पांच सितम्बर को रोडवेज कर्मचारी हड़ताल में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे रोडवेज़ कर्मी जनता के हित मे ओर विभाग को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे है उन्होंने कहा कि एस्मा लगाने का तर्क देते हुए हरियाणा सरकार ने परिवहन सेवा को आवश्यक सेवा बताया है पर जब विभाग ही नहीं बचेगा तो आवश्यक सेवा कैसी बचेगी क्योकि सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत सात सौ निजी बसे हायर करके विभाग का अघोषित रूप मे निजीकरण कर रही है जिसका हरियाणा सरकार दवारा ऐस्मा लागू करने के बावज़्द भी पलवल सिविल अस्पताल में मल्टीर्पपज हैल्थ वर्करो की हड़ताल जारी है कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज भी जमकर प्रदर्शन किया इन वर्करों के ऐसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर ने बताया कि पांचवें दिन पहंची हड़ताल करने वालों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाये

उन्होंने कहा कि जबकि सभी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी